देश भर के कुल दो हजार विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक नई दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लेंगे पहली बार देशभर के विद्यार्थियों के अलावा रूस नाइजीरिया ईरान नेपाल कतर कुवैत सऊदी अरब और सिंगापुर जैसे देशों में रह रहे भारतीय विद्यार्थी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे पिछली बार सिर्फ दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के ही विद्यार्थी शामिल हुए थे आकाशवाणी और दूरदर्शन से इस कार्यक्रम का आंखो देखा हाल प्रसारित किया जाएगा

अंकसूची के आधार पर मण्डला के हर्षल चौधरी पहले स्थान पर रहे इस बार टॉप टेन में छह महिला अम्यर्थियों ने जगह बनाई इनमें भोपाल की रचना शर्मा और राजनन्दिनी शर्मा दूसरे और तीसरे नंबर पर रहीं प्रथम स्थान पाने वाले हर्षल चौधरी ने हमारे मण्डला संवाददाता से बातचीत में अपनी सफलता का श्रेय परिजनों को देते हुए कहा कि सफलता का कोई शार्टकट नहीं होता गौवंश ग्वालियर जिले में निराश्रित गौवंश को पकड़ने का काम शुरू हो गया है खासतौर पर जिले के ग्रामीण अंचल में सड़कों और खेतों से लगभग एक हजार गायों को पकड़कर गौशाला के लिए चिन्हित स्थलों पर रखा गया है प्रदेश के पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने कल देवनारायण गौशाला महआखेडा कृषि फार्म मोहना और आरोन के बकरी पालन केन्द्र पहँचकर गायों को रखने के लिए की गई व्यवस्था का जायजा लिया इस दौरान उन्होंने जिले में गौशालाओं का प्रबंधन बेतहतर ढ़ंग से किये जाने के निर्देश दिये

श्री कराड़ा ने कहा कि कुण्डालिया बांध परियोजना के प्रभावित किसानों को मुआवजा देने में जहां भी अनिमितता हुई है उसकी जांच कराकर पीड़ित किसानों के साथ न्याय किया जायेगा उन्होंने कहा कि हर विषय पर सरकार संज्ञान लेगी तथा गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई करेगी

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में गठित समितियों के अध्यक्ष अपर कलेक्टर अशोक कमार चौहान रहेंगे कलेक्टर ने महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शिवपुरी एवं जिला पंजीयक सहकारी संस्थाएं शिवपुरी को निर्देशित किया है कि गठित जांच समिति द्वारा जांच से संबंधित अभिलेख मांगे जाने पर उपलब्ध कराएंगे मौसम उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के कारण भोपाल समेत प्रदेश के ज्यादातर जिलों में कड़ाके की ठण्ड पड़ रही है कल सभी संभागों में कुछ स्थानों पर कोल्ड डे रहा वहीं जबलपुर सागर होशंगाबाद भोपाल इंदौर उज्जैन और ग्वालियर संभागों में कहीं कहीं शीतलहर चली रीवा शहडोल जबलपुर सागर और होशंगाबाद संभागों के जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई प्रदेश में न्यूनतम तापमान बीती रात तीन डिग्री सेल्सियस खज़ुराहो नौगांव बैतूल और दतिया में दर्ज किया गया मौसम विभाग ने सागर उज्जैन होशंगाबाद ग्वालियर चंबल भोपाल रीवा जबलपुर और इंदौर संभागों के जिलों में कहीं कहीं शीतलहर चलने की चेतावनी दी है वहीं ग्वालियर उज्जैन सागर होशंगाबाद और रीवा संभागों के जिलो में आज पाला पड़ सकता है कड़ाके की ठण्ड को देखते हए इंदौर रतलाम और उज्जैन जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है वहीं भोपाल में इसका फैसला आज किया जायेगा